प्रदेश विधानसभा का सत्र सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र महत्वपूर्ण बताया कहा बजट सत्र में कई विधेयक हुए पास प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए अभी से अच्छे संकेत दिखने हुए शुरू यात्रा के लिए विभिन्न राज्यों के एक हजार से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया

छह दिनों तक चले इस सत्र में बजट समेत राज्य के कई अहम विधेयकों पर चर्चा हुई

कांग्रेस नेताओं ने राज्य में लोकायुक्त लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर नारेबाजी की कांग्रेस विधायक हाथ में तख्तियां लेकर गैरसैंण विधानभवन पहंचे विधानसभा परिसर में उन्होंने रैली भी निकाली इसके साथ ही सदन के अंदर भी लोकायुक्त लागू करने की मांग पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया

हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी विपक्ष ने सरकार पर जानबूझ कर लोकायुक्त विधेयक पारित नहीं करने का आरोप लगाया

वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार वक्त रहते लोकायुक्त को लेकर फैसला लेगी इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि गैरसैंण में विधानभवन और मिनी सचिवालय का कार्य जल्द ही पूरा कराया जाएगा सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का आभार जताया पत्रकार वार्ता मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र महत्वपूर्ण रहा है भराड़ीसेंण स्थित विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बजट सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं पूरा सत्र कामकाजी रहा है

उन्होंने कहा कि विधायकों को प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त समय दिया गया और मंत्रीगणों द्वारा सभी प्रश्नों का कुशलतापूर्वक जबाब दिया गया लोकायुक्त बिल पर पत्रकारों द्वारा पूछे गये प्रश्न के जबाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकायुक्त बिल सदन की सम्पत्ति बन चुका है विपक्ष को नैतिक रूप से लोकायुक्त पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है उन्होंने बजट सत्र में सहयोग के लिए विपक्ष को धन्यवाद दिया साइबर अपराध अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि साइबर अपराधों और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस गंभीर है उन्होंने बताया कि आगामी तीन माह के भीतर हिल पेट्रोल यूनिट की तैनाती कर दी जाएगी बागेश्वर में पत्रकारों से बातचीत में श्री कमार ने कहा कि पुलिस की एक शाखा साइबर अपराधों के नियंत्रण पर जुटी है पिछले कुछ समय में साइबर ठगी और साइबर क्राइम की घटनाओं में तेजी आई है

श्री कुमार ने बताया कि साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए पुलिस को जरूरत के अनुसार दक्ष बनाया जा रहा है और आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए अलग सेल बनाया जाएगा अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेंगे इसके लिए एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स का गठन करने की कार्रवाई जिला स्तर पर की जाएगी निरीक्षण सेना मेडिकल कॉलेज में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों एवं जन सामान्य को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के आवश्यक प्रयास करेगी श्रीनगर बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना मेडिकल कॉलेजों में बेहतर सुविधांए पहुंचाने की कोशिश कर रही है उन्होंने वहां पर तैनात चिकित्सों फार्मासिस्टों और चिकित्साकर्मियों से चिकित्सा सुविधा की जानकारी प्राप्त की उन्होंने इमर्जेंसी ओपीडी सर्जिकल वार्ड ओटी एमएलटी लैब समेत कई अन्य स्थानों का निरीक्षण भी किया इसके बाद आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिह रावत ने कहा कि पहाड़ों की संवेदनशील तथा विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराये जाने को लेकर राज्य सरकार ने भारतीय सेना से सहयोग मांगा है मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सेना प्रमुख बिपिन रावत तथा अन्य उच्चाधिकारियों के साथ हई चर्चा के दौरान सेना ने राज्य में चिकित्सा सुविधाएं देने को लेकर अपनी सहमति जताई है मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जल्द ही श्रीनगर के मेडिकल व बेस चिकित्सालय में सेना द्वारा सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी चारधाम यात्रा प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए अभी से अच्छे रुझान दिखने लगे हैं

चारधाम यात्रा की शुरुआत करीब एक महीने बाद अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगी

इस मौके पर आज सर्च इंजन ग्रगल ने डूडल बनाकर इस दिन को याद किया है गौरतलब है कि चिपको आन्दोलन पर्यावरण रक्षा से जुड़ा एक बड़ा आन्दोलन है ग्लोबल वॉर्मिंग जलवाय परिवर्तन जैसी कई समस्याओं के कारण आज भी न केवल इस आंदोलन की प्रासंगिकता कायम है बेल्कि इसका महत्व पहले से कई अधिक बढ़ गया है

आन्दोलन की शुरुआत भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुन्दरलाल बहुगुणा चण्डीप्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरादेवी के नेतृत्व मे हुई थी एक दशक के अन्दर यह पूरे उत्तराखण्ड क्षेत्र में फैल गया उस समय उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश का हिस्सा हुआ करता था इस आन्दोलन में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध किया जंगल के ठेकेदारों के खिलाफ इस आंदोलन में लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक कर खड़े हो जाते थे चिपको आन्दोलन की मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था मरम्मत केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती ने उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित मुखवा से जांगला तक पैदल मार्ग की मरम्मत का काम करवाने के निर्देश दिए हैं पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनजीटी के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग की मरम्मत की जाए गौरतलब है कि इस मार्ग से मां गंगा की ऐतिहासिक पैदल यात्रा मुखवा से गंगोत्री के लिए रवाना होती है पब्लिक स्पीक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज का विषय है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

जनता दरबार आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए आज रूद्रप्रयाग में जनता दरबार का आयोजन किया गया इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों की समस्यओं को सुना और उनका निवारण किया

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे तय समय सीमा के भीतर लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के अनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें दर्ज समस्याओं में अधिकतर समस्यांए पेयजल सड़क मार्ग और मुआवजा वितरण से संबंधित थी वहीं पिथौरागढ़ में जनता की समस्याओं का निस्तारण करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय अधिकारी जनता की समस्याओं को गम्भीरता से लेकर उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करें

स्वच्छता भारत मिशन नैनीताल जिले के ग्राम सभा चोपड़ा में आज गोविन्द बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यायवरण एवं सत्त विकास संस्थान कोसी कटारमल के जैव विविधता केंद्र की ओर से स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के वैज्ञानिक डॉ गिरिश नेगी ने स्वच्छ भारत मिशन पर विस्तृत चर्चा की उन्होंने घरेल कूड़ा निपटान और इसके विभिन्न दुष्परिणामों के बारे में बताया उन्होंने प्लास्टिक के पुर्नउपयोग की विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी इस दौरान स्वच्छता अभियान चलाकर जैविक और अजैविक कूड़े को एकत्रित कर इसका निस्तारण किया गया